उन्होंने प्रदेश में इसे लागू करने की मांग की इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार इसके लिए एक समिति का गठन करेगी जो परीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा लेखान्दान राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री तरूण भनोट ने लेखानुदान पेश किया आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की बजाए चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान पेश किया है

इसके साथ ही सदन में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया गया विधानसभा अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने आज कहा कि सदन में अखबार में प्रकाशित खबरों के आधार पर कोई चर्चा नहीं होती इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरु होते ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है उन्होंने सदन में दो दिन पहले मंत्रियों द्वारा दिए गए लिखित जवाबों के बाद उपजे विवाद के संदर्भ में कहा कि जिस प्रकार से उत्तर आए क्या उन उत्तरों के बाद सदन के बाहर कोई बैठक हुई है इसी बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सदन में अखबार में छपी चीजों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए श्वेत पत्र मध्यप्रदेश सरकार के पास इस समय प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है वित्त मंत्री तरूण भनोत ने आज विधानसभा में विधायक प्रवीण पाठक के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मीसाबंदी मध्यप्रदेश सरकार की मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को रोकने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने आज विधानसभा में भाजपा विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मीसाबंदियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है फिलहाल मीसाबंदियों को हर माह मिलने वाली सम्मान निधि को बंद करने की कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है व्यापम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास फिलहाल व्यापमं को बंद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है श्री कमलनाथ ने विधायक हर्ष विजय गेहलोत के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि व्यापमं वित्तीय अधिकार प्राप्त है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को परीक्षा शुल्क के निर्धारण का अधिकार है अतः यह कहना सही नहीं है कि बेरोजगारों के साथ किसी प्रकार का छलावा किया जाता है उन्होंने कहा कि वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में व्यापमं को बंद करने जैसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कमलेश्वर पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि गाँव के सर्वागीण विकास में शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को मिल सके इसके लिए गाँव के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी जानकारी के अनुसार श्री पटेल ने कहा कि इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा ग्राम शक्ति समिति गठित की जायेगी

समिति कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से बनायी जायेगी

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत राज के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य नहीं होंगे

हमीदिया हमीदिया अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब चार सौ दस करोड़ रूपए की लागत से दो हजार बिस्तरीय बहुमंजिला अस्पताल का बनाया जा रहा है जो इस वर्ष दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विभाग द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं के भवन निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में प्राथमिकता के साथ पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं

छात्रावास भवन का निर्माण अंतिम चरण में है जिसे मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा साहित्यकार निधन प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह का कल रात निधन हो गया था

वे लम्बे समय से बीमार थे आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया उन्होंने कविता के नए प्रतिमान छायावाद आलोचना और संवाद पूर्व रंग वाद विवाद और संवाद और दूसरी परंपरा की खोज सहित अनेक कृतियों का सुजन किया

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री नाथ ने कहा कि स्वर्गीय डॉ सिंह ने हिंदी साहित्य को समृद्व किया और आलोचना विधा को जीवंत बना दिया उनके निधन से हिंदी साहित्य जगत को प्रतिबद्द लेखक की कमी खलती रहेगी पुलवामा श्रद्धांजलि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करने और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा आज शाम प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर केंडल जलाकर समुदाय के साथ विनम्र श्रद्धांजलि दी गई खज्राहों समारोह छतरपुर जिले के खजुराहो में आज से प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हो गया है

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने किया पहले दिन दिल्ली की लिप्सा सत्पथी ओडिसी जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मुदुस्मिता दास और साथी नृत्य की प्रस्तृति दे रहे हैं